अवैध तरीके से बनाये गये मुजफ्फरपुर बालिका गृह को आज से तोड़ा जायेगा

राज्य में अब तीस लाख टन धान खरीद का लक्ष्य किया गया निर्धारित

अवैध तरीके से बनाये गये मुजफ्फरपुर बालिका गृह को तोड़ने की कार्रवाई आज से शुरू हो रही है इसके लिए नगर आयुक्त संजय दूबे ने पांच सदस्यीय टीम का गठन किया है इसमें एक एक कार्यपालक और सहायक अभियंता दो कनीय अभियंता और एक अमीन को शामिल किया गया है नगर आयुक्त ने बताया कि बालिका गृह में रखे गये समान की जब्त सूची बना ली गयी है भवन निर्माण में बिल्डिंग बॉयलाज का पालन नहीं किया गया था उन्होंने कहा कि भवन को मैन्यूली ध्वस्त किया जायेगा इसकी विडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करायी जायेगी

पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी डीजीपी ने स्थानांतरित पुलिसकर्मियों को विरमित करने का निर्देश पुलिस अधीक्षकों को दिया है उन्होंने अधिकारियों को आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने का भी निर्देश दिया

अब तीस लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है सबसे अधिक दो लाख दस हजार टन धान रोहतास जिले से खरीदा जायेगा खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने धान खरीद का जिलावर नया लक्ष्य निर्धारित करते हुए सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है प्रदेश में पिछले साल ग्यारह लाख चौरासी हजार टन धान की खरीद हुई थी प्रदेश में अगले साढ़े तीन माह में तीन हजार दो सौ तेरह नयी महिला दुग्ध समितियों का गठन किया जायेगा पश् और मत्स्य संसाधन विभाग के सूत्रों ने बताया कि विभाग ने महिलाओं को दुग्ध कारोबार से जुड़ने और उनकी भागीदारी बढ़ाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है इस काम में काम्फेड का सहयोग लिया जा रहा है महिलाओं के लिए सुधा का अलग से आउटलेट खोला जायेगा इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है नेशनल कॉपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने राज्य की सहकारी संस्था काम्फेड को सर्वश्रेष्ठ मिल्क फेडरेशन घोषित किया है आगामी पन्द्रह दिसम्बर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में बेस्ट स्टेट कैटेगरी में यह पुरस्कार काम्फेड को दिया जायेगा

बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित चौसठवीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सोलह दिसम्बर को एक पाली में होगी आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके लिए पैंतीस जिलों में आठ सौ आठ परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं परीक्षार्थी कल तक आयोग की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं पिछले चौबीस घंटे में हवा की थमी रफ्तार के कारण प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री ऊपर दर्ज किया गया इसके कारण ठंड में कमी महसूस की जा रही है वहीं आर्द्रता नब्बे फीसदी तक पहुंच जाने के कारण प्रदेश भर में धूंध और कोहरे से जनजीवन पर असर पड़ा है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बंगाल की खाड़ी में बने ऊपरी चक्रवात के कारण सोलह दिसम्बर के बाद राज्य में ठंड बढ़ेगी इसके साथ ही अगले अड़तालीस घंटों के भीतर कई स्थानों पर बूंदाबादी की भी संभावना है कुहासे के कारण सड़क रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है रेलवे ने जन साधारण सहित कई मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को आज से दो माह तक रद्द कर दिया है जबकि कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किये गये हैं इधर पटना एयरपोर्ट पर कुहासे के कारण विमानों के लैंडिंग में हो रही परेशानी के मद्देनजर सुबह में उड़ान भरने वाली कई फ्लाईट रद्द कर दी गयी है प्रदेश में कल से प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल पर रोक लगाय जा रहा है इसे प्रभावी बनाने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गयी है नगर निकाय और जिलास्तर पर छापेमारी के साथ ही राज्य स्तर पर जांच और छापेमारी की कार्रवाई की जायेगी गौरतलब है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने चौदह दिसम्बर से सभी निकायों में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है इस बीच पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और प्रतिबंध को लेकर छापेमारी करने की कार्ययोजना पर अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश दिये बिहार राज्य हज कमिटी के सीईओ मोहम्मद राशिद हुसैन ने कहा है कि हज यात्रा पर जाने के इच्छुक व्यक्ति अब उन्नीस दिसम्बर तक हज भवन में आवेदन जमा कार सकते हैं पहले आवेदन की अंतिम तिथि बारह दिसम्बर तक थी उन्होंने कहा कि हज कमिटी आफ इंडिया ने आवेदन की तिथि बढ़ा दी है दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने छापेमारी कर मजदूरी के लिए सीतामढ़ी ले जाये जा रहे दस बाल श्रमिकों को मुक्त करा लिया एक मानव तस्कर को भी गिरफ्तार किया है सुपौल जिला पुलिस ने राघोपुर थाना क्षेत्र से एक बच्चे को अपहताओं के चंगुल से सकुशल मुक्त करा लिया इस मामले में तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है भागलपुर जिले के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में बैंक के एटीएम से बीस लाख रुपये की चोरी के मामले में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड के क्षेत्र के मलोपाड़ा पंचायत में आग लगने से दस घर जलकर नष्ट हो गये चौदह से सत्रह दिसम्बर तक इंदौर में होने वाली चौसठवीं राष्ट्रीय स्कूली शूटिंग चैम्पियनशिप में राज्य के सत्ताईस निशानेबाज भाग लेंगे ग्यारह जनवरी से गोवा में खेली जाने वाली पैंतीसवीं राष्ट्रीय सीनियर मलखंभ प्रतियोगिता में भाग लेने वाली बिहार टीम के चयन के लिए पटना में शिविर लगाया गया चयन शिविर में प्रदेश के डेढ़ सौ से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया कटक में खेली जा रही राष्ट्रीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में सिक्किम ने बिहार को अठहत्तर रनों से हरा दिया आज के सभी समाचार पत्रों ने मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मुख्यमंत्रियों के चयन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से सचित्र प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है राहुल तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पटना पहुंचने और राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की खबर को भी प्राथमिकता दी है हिन्दुस्तान ने योगी आदित्यनाथ के बयान को शीर्षक बनाते हुए लिखा है हम जीत की तरह हार भी स्वीकारते हैं दैनिक जागरण ने इसी खबर का शीर्षक लगाया है योगी की सफाई मैंने हनूमान जी की जाति नहीं बतायी थी अखबार की एक अन्य सुर्खी है सीएम ने दी किशनगंज को एक और कॉलेज की सौगात प्रभात खबर ने अपनी विशेष खबर का शीर्षक लगाया है बिहार में अब तीस लाख टन धान खरीद का लक्ष्य एक अन्य सुर्खी है स्लीम बनने के चक्र में बीमार हुई छात्राएं दैनिक भास्कर की सुर्खी है छब्बीस करोड़ किसानों का चार लाख करोड़ कर्ज माफी करने की तैयारी में केन्द्र इसके अलावा अखबारों ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह केस में आरोप पत्र तैयार रामनवमी से अठारह से कम उम्र के कैंसर मरीजों का फ्री इलाज बावन जेलों में छापे मोबाईल चाकू मिले से जुड़ी खबरों को जगह दी है और अब अंत में मुख्य समाचार अवैध तरीके से बनाये गये मुजफ्फरपुर बालिका गृह को आज से तोड़ा जायेगा

राज्य में अब तीस लाख टन धान खरीद का लक्ष्य किया गया निर्धारित